मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा गांधीवाद से युवा पीढ़ी को अवगत कराना वक्त की जरूरत

गांधी प्रवास यात्रा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि देश को आज भी महात्मा गांधी के विचारों की जरूरत है और इसी के आधार पर देश आगे बढ़ सकता है श्री कमलनाथ आज छिंदवाड़ा में गांधी प्रवास यात्रा के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने वाले की नहीं जोड़ने वालों की जरुरत है उन्होंने कहा कि कहा कि अहिंसा सामाजिक सौहाद्रर्ता अस्पृश्यता का विरोध करने के गांधीवादी तरीको से युवा पीढी को अवगत कराना प्रासंगिक बन गया है इस अवसर पर जिले भर से आए पच्चीस हजार से अधिक लोगों ने सामुहिक रुप से महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तोगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया मुख्यमंत्री ने जिले के पाठाढाना चंदन गांव आदर्श गौशाला का लोकार्पण भी किया यह गौशाला करीब डेढ़ हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई गई है

गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिये यहां गौबर से लकड़ी बनाने की युनिट भी लगाई गई है भाजपा अभियान केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने आज भिण्ड में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आयोजित एक संगोष्ठि को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर इस कानून के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी पार्टी उपाध्यक्ष प्रभात झा कल शिवपूरी में इस कानून को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे गौरतलब है कि भाजपा द्वारा इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है एक राशन कार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में भी राशन पर्ची का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है निवाड़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी और खाद्य अधिकारी संदीप पांडे ने टीला ग्राम पंचायत में राशन पर्ची के सत्यापन के कार्य का अवलोकन किया

जिसमें लोग दूसरे राज्य में भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं संसदीय कार्यशाला पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के तत्वाधान में आज दमोह के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में संसदीय कार्यशाला और युवा संसद का आयोजन किया गया इस दौरान केन्द्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि देश के सभी शासकीय स्कूलों और महाविद्यालयों में युवा संसद का आयोजन किया जाना चाहिये ताकि संसदीय परम्पराओं की जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिल सके

आदर्श स्कूल रतलाम के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेण्ड्री स्कूल में जल्द ही प्रायवेट स्कूलों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी हमारी संवाददाता ने बताया है कि मिशन एक हजार के तहत इस स्कुल का कायापलट किया जा रहा है

रतलाम के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई हाई सेकेंडरी स्कूल का भी चयन मिशन में किया गया है स्कूल के लिए कलेक्टर एसपी सहित शासकीय अधिकारियों र्मचारियों ने अपना एक माह का वेतन दान किया है स्कूल में वर्षा के दौरान पानी टपकने की समस्या थी जिसे वाटर प्रफिंग कर द्रर कर दिया गया है

स्कूल में खेल कक्ष तथा लाइब्रेरी भी स्थापित की जा रही है इसके साथ ही फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी तथा कंप्यूटर लैब भी आधुनिकतम रूप में स्थापित की जा रही है

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिये संबंधित विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये हैं

उमरिया जिले में इस चरण में पंजीयन हई सभी गर्भवती महिलओं और बच्चों का शतप्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है वहीं होशंगाबाद और खरगोन जिले में भी आज से सघन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ

तीन मैचों की श्रंखला का यह दूसरा मैच है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया प्रबंधक राजीव रिसोडकर ने आकाशवाणी को बताया कि बारिश के कारण पहला मैच रद्द होने की वजह इस मुकाबले का महत्व और भी बढ़ जाता है

उधर सागर में भी आज से इसी तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है